प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मातभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है लद्दाख में भारत की भूमि पर आँख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में आँख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आँच नहीं आने देंगे श्री मोदी ने कहा कि हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है इन सैनिकों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय उन्हें खोने का दर्द का अनुभव कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस संकल्प के साथ हमारे जवानों ने बलिदान दिया है वहीं हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी

भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है साथियो कोई भी मिशन पीपुल्स पार्टिसिपेशन जनभागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता सफल नहीं हो सकता इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है अनिवार्य है आप लोकल खरीदेंगे लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को स्वयं विभिन्न बीमारियों से बचना होगा उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि और गर्म पानी के सेवन से स्वयं को स्वस्थ रखने का सुझाव दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खोला जा रहा है लेकिन हमें अभी सतर्क रहना होगा ल ॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनल ॉक के दौरान बरतनी है आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं दो गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं या फिर दूसरी जरुरी सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं खासतौर पर घर के बच्चों और बुजुर्गो को इसीलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि आप लापरवाही मत बरतिये अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी संकल्प पर्व पौधरोपण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर केन्द्रीय संस्कृ ित मंत्रालय आज से बारह जुलाई तक संकल्प पर्व मनाएगा इसके तहत व्यापक स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा केन्द्रीय संस्कृ ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि संकल्प पर्व के दौरान लोगों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पांच वृक्षों बरगद आंवला पीपल अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों को महत्व देने की परम्परा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है उन्होंने कहा कि इन वृक्षों के पौधे उपलब्ध न होने पर लोग अपनी पसंद के पौधे भी लगा सकते हैं

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित अंठावन नये मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें राजनांदगांव से सोलह रायगढ़ से बारह बिलासपुर तथा कबीरधाम से सात सात रायपुर से छह दूर्ग से पांच बलौदाबाजार से चार और नारायणपुर जिले से एक मरीज शामिल है इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर दो हजार छह सौ अड़सठ हो गई है इनमें से सात सौ अट्ठारह मरीजों का फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है राजनांदगांव जिले में आज सोलह नये मरीज मिलने के बाद प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है वहीं कल जिले में इक्कीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे इनमें खैरागढ़ विधायक के मैनेजर के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक डॉक्टर और दो स्टाफ नर्स भी शामिल हैं राजनांदगांव शहर में आज लगातार दूसरे दिन भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन रहा इस दौरान प्रशासन द्वारा चिखली में बोरवेल समेत सात दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई इसी तरह रायगढ़ जिले में आज बारह कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इनमें ग्यारह मरीज फ्रेंडस कॉलोनी से मिले हैं जानकारी छिपाने के आरोप में इस कॉलोनी के चार लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है इधर दुर्ग जिले में भी आज पांच नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं ये सभी बीएसएफ के जवान हैं जिन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं कल रात सुपेला थाना के प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद चार पुलिसकर्मियों को होम क्वारेंटाइन कर दिया गया है साथ ही थाने को सैनिटाईज किया जा रहा है

इनमें गोलबाजार के एक व्यापारी के तीन परिजन किर्गिस्तान से लौटी एक मेडिकल छात्रा एम्स के डॉक्टर की पत्नी और पेड क्वारेंटाइन सेंटर में खाना बनाने वाली एक महिला शामिल है उधर बिलासपुर जिले में आज जिन सात नये मरीजों की पहचान हुई है उनमें से दो मरीज शहर के निजी होटल में क्वारेंटाइन में थे इधर कबीरधाम जिले में आज मिले सभी सात कोरोना पॉजीटिव मरीज पंडरिया विकासखंड के हैं इनमें चार पुरूष दो महिला और एक बालक शामिल हैं इसके अलावा जांजगीर चांपा जिले में कल कोरोना संक्रमित सात मरीज मिले थे इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर दो सौ अट्ठाईस हो गई है वहीं बलरामपुर जिले में भी कल दस नये मरीज पाए गए थे इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एक सौ चौंतीस पर पहुंच गया है इधर दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ का एक जवान भी कोरोना संक्रमित पाया गया है यह जवान जावंगा एज्केशन सिटी में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहा था इस बीच महासमुंद जिले में कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पताल की शुरूआत के बाद अब कोरोना जांच की सुविधा भी शुरू होने जा रही है जिला चिकित्सालय की कोविड इकाई में एक ट्रू नॉट मशीन स्थापित की गई है जहां जुलाई माह से कोरोना संदिग्धों और संक्रमितों की जांच हो सकेगी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में ऊर्जा विभाग और क्रेडा की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने गरियाबंद के सुपेबेड़ा में नदी के जल तथा बेमेतरा बालोद धमधा साजा और नवागढ़ में खारे पानी की शिकायत के कारण सरफेस वाटर का उपयोग कर जल आपूर्ति के लिए योजना बनाने को कहा मुख्यमंत्री ने क्रेडा के अधिकारियों से पहुंचविहीन और दुर्गम इलाकों में सौर ऊर्जा के जरिये बिजली की व्यवस्था करने के साथ ही किसानों को सोलर पम्प दिए जाने के निर्देश भी दिए बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में लगभग छह हजार गांवों तथा बसाहटों में साढ़े ग्यारह हजार सोलर पम्पों के माध्यम से लगभग सवा तीन लाख परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है इसी तरह दो सौ इकयासी सोलर जल शुद्धीकरण संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं मुख्यमंत्री चार्टर्ड एकाउंटेंस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया आईसीएआई से जुड़े देशभर के चार्टर्ड एकाउंटेंटस से ग्राम पंचायतों और नगरीय प्रशासन के कामकाज में कसावट तथा वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सहयोग का आव्हान किया है मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से रिसर्जेट छत्तीसगढ़ विषय पर आयोजित वेबीनार में देशभर के चार्टर्ड एंकाउंटटेंस को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सी वनोपज है जिनकी पैदावार देश के अन्य हिस्सों में नहीं होती है वर्तमान में इन वनोपजों के संग्रहण के बाद इनका प्रसंस्करण राज्य के बाहर होता है इनके प्रसंस्करण के लिए निवेश लाने की पहल किए जाने से प्रदेश के उत्पादकों और संग्राहकों को लाभ मिलेगा भाजपा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रम का आज समापन हुआ इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से केन्द्र सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आव्हान किया श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संकट काल में हर जरूरतमंद की मदद केन्द्र सरकार द्वारा जिस तरह से की जा रही है वैसे ही मदद हम सबको भी करना चाहिए श्री चौहान के इस संबोधन को सुनने के लिए राजधानी रायपुर और राजनांदगांव सहित पार्टी के कार्यालयों में पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे कांग्रेस प्रदर्शन पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस द्वारा कल उनतीस जून को राजधानी रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निवास तक साइकिल यात्रा भी निकाली जाएगी इस दौरान कांग्रेस की जिला ब्लॉक और विधानसभा कमेटियों द्वारा स्पीक अप ऑन पेट्रोलियम प्राइजेस का कार्यक्रम चलाया जाएगा शहीद अनुग्रह राशि युद्ध या सैन्य कार्यवाही में छत्तीसगढ़ के शहीद सेना अधिकारियों और सैनिकों की विधवा आश्रितों तथा परिजनों को अब दस लाख के स्थान पर बीस लाख रूपये की अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की जाएगी इसके लिए राज्य शासन द्वारा प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीते अट्ठारह मार्च को एक आदेश जारी कर माओवाद प्रभावित जिलों में राज्य पुलिस बल और केंद्रीय सैनिक बल के शहीद जवानों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि को भी तीन लाख रूपये से बढ़ाकर बीस लाख रूपये किया गया है गृह निर्माण मंडल निर्णय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की सभी योजनाओं में छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के मापदंडों के पालन में वर्तमान में प्रचलित पंजीयन शुल्क में कटौती की जाएगी आवास मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित गृह निर्माण मंडल के मंडल सम्मिलन की बैठक में यह निर्णय लिया गया निर्णय के मुताबिक वर्तमान में एकमुश्त पन्द्रह प्रतिशत पंजीयन राशि के स्थान पर अब हाउसिंग बोर्ड की सभी योजनाओं के तहत निर्मित या निर्माणाधीन ईडब्ल्यूएस भवन के लिए पच्चीस हजार रूपए और एलआईजी भवन के लिए पचास हजार रूपए की पंजीयन राशि निर्धारित की गई है कोरोना संक्रमण के कारण स्व वित्तीय एकमुश्त तथा ऑफर योजना के तहत निर्मित अथवा निर्माणाधीन आवंटित भवनों के देय किश्त की तिथि को भी बढ़ाकर तीस जून तक कर दिया गया है लॉकडाउन के कारण हितग्राहियों को किश्त की राशि जमा करने में परेशानी हो रही थी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग की तरह ही गृह निर्माण मंडल में भी अब बीस लाख रूपए से ऊपर की राशि के कार्यों के लिए ई टेंडरिंग होगी वहीं अब एक व्यक्ति को एक से अधिक मकान खरीदने की छूट भी दी जाएगी मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश से उत्तर मध्य महाराष्ट्र तक तीन दशमलव एक किलोमीटर ऊंचाई पर एक द्रोणिका बनी हुई है इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है इसके प्रभाव से बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हई संक्षिप्त समाचार प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की तरह जेल विभाग के शिक्षकों को भी अब राज्य स्तरीय शिक्षक प्रस्कार प्राप्त होने पर एक अग्रिम वेतनवृद्धि देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है

इस दौरान उन्होंने स्पंदन अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों से चर्चा की

इनके पास से लाखों रूपये की सट्टा पट्टी सहित लगभग साठ हजार रूपये नगद जब्त किए गए हैं